भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गो का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है कोरोना वायरस के सामने आने के आठ महीने बाद से संक्रमण के कारण प्रतिदिन हो रही मृत्यु दर घटकर एक सौ बीस से भी कम रह गई है इधर छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना संक्रमण के करीब पांच हजार सक्रिय मामले हैं कल राज्य में कोरोना संक्रमित तीन सौ इक्कीस नये मरीज भिले हैं जबकि इस दौरान करीब डेढ़ सौ मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं कल कोरोना संक्रमण से नौ लोगों की मृत्यु हुई है हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहृत जरूरी है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस कोविड नाइटीन के टीके की खोज के लिए जाना जायेगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की एक सौ अड़तालीसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति को बड़ा उत्साहजनक बताया उन्होंने कहा कि ् कोविड नाइंटीन को महामारी घोषित किये जाने के बाद से इससे निपटने के लिए सामूहिक रूप से शुरू किए गए जोरदार अभियान से इसका फैलाव रोकने और मौतों की संख्या कम करने में मदद मिली इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण का पहला मामला प्राप्त होने से लेकर अब तक इसके आंकड़े देने में पूरी पारदर्शिता अपनाई है श्री सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विमाग ने एक महीने के भीतर ऐसे छह हजार मरीजों के नाम ढंढ निकाले हैं जो कोरोना संक्रमित तो हुए लेकिन नाम परिवर्तन या निजी अस्पतालों में इलाज जैसे कारणों की वजह से शासकीय आंकड़ों में शामिल नहीं किए जा सकें उन्होंने बताया कि इन नये मरीजों के नाम अब कोरोना संक्रमित मरीजों की सुची में जोड़े जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य सरकार भी सूची में सभी मरीजों का नाम शामिल करेगी

यह बात श्री बघेल ने अपने कोंडगांव प्रवास के दौरान आज बडेराजपुर विकासखंड के कोंगेरा गांव में आदर्श गौठान का अवलोकन करते हुए कही श्री बघेल ने कहा कि गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर बढ़े इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गौठान परिसर में विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली श्री बघेल ने महिला स्व सहायता समूहों के साथ चर्चा की और उनके कार्य तथा आमदनी के बारे में पूछा मुख्यमंत्री ने मशरूम उत्पादन यूनिट का भी अवलोकन किया इस अवसर पर आदर्श गौठान परिसर में बिहान समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस मौके पर बस्तर का पारपरिक आदिवासी लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया वहीं मुख्यमंत्री ने आज कांकेर जिले के श्रीगुहान गांव के गौठान परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए गए बाल वाटिका मोर घर ब्रंदिया का लोकार्पण किया इस बाल वाटिका में गौठानों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे मनोरंजन कर पाएंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सीताफल से बनाए गए रबड़ी और आइसक्रीम की सराहना की

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिल्पनगरी की स्थापना का उद्देश्य शिल्पकारों को उचित पारिश्रमिक और बाजार दिलाना है उन्होंने कहा कि कोंडागांव के बेलमेटल शिल्प सहित अन्य कलाकृतियों के शिल्पकारों का पंजीयन किया जा रहा है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों को सम्मान किया कोंडागांव में करीब तीन एकड़ क्षेत्र में शिल्पनगरी की स्थापना की गई है इसके अलावा श्री बघेल ने कोंडांगांव के जामकोटपारा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली वहीं मुख्यमंत्री कल दुर्गे जिले के पाटन में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश को लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक द्वीट भें श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमो ऐप या जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं वे एक नौ दो दो पर भिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और कल अट्ठाईस जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं

इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीद हुई कृषि मेंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रखे हुए है छत्तीसगढ़ सहित बीस राज्यों से करीब पांच सौ सत्यासी लाख टन घान की खरीद हुई है केन्द्र सरकार ने अपनी मुख्य एजेंसियों के जरिए तीन लाख टन मूंग उड़द मूंगफली और सोयाबीन की खरीद भी की है जिससे करीब एक लाख बासठ हजार किसानों को लाभ हुआ

भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय ने बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है आज जारी एक पत्र के अनुसार नागर विमानन विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट के एयरोड्रोम लाइसेंस को ट्र सी को अपग्रेड करके थ्री सी श्रेणी का लाइसेंस जारी कर दिया है इस तरह अब इस एयरपोर्ट में एयरबस और बोइंग जैसे विमानों के परिचालन भी हो सकेगा इससे पहले यहां पर चालीस सीटर एयरक्रॉफ्ट ही उतर सकते थे यह सुविधा मिलने से बिलासपुर की देश के साथ एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा बाई केंवटिन के नाम पर करने की घोषणा की थी राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस के साप्ताहिक समापन कार्यक्रम के मौके पर राज्य के सभी सखी सेंटरों में पौधारोपण किया गया इस अवसर पर बीते इक्कीस से छब्बीस जनवरी तक विभिन्न आयोजनों के जरिए आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर राज्य स्तर तक अनेक गतिविधियां संचालित की गई महिला और बाल विकास विमाग द्वारा कल सभी जिलों के सखी वन स्टॉफ सेंटर में ध्वजारोहण कर फलदार पौधे लगाए गए राजधानी रायपुर स्थित सखी वन स्टॉफ सेंटर में महिला और बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बालिका और विभागीय अधिकारियों के साथ पौधा रोपण किया इस कार्यक्रम के तहत जामुन आम जाम और मुनगा के पौधे लगाए गए इससे पहले बालिका दिवस के उपलक्ष्य में रायपूर जिले के धरसीवां विकासखंड में नगरीय प्रशासन मंत्री ने साप्ताहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश पर आधारित विभिन्न स्पर्घाएं और परिचर्चा आयोजित की गई इस अवसर पर बालिकाओं को लेखन सामग्री का वितरण भी किया गया वनांचल डिजिटल पढ़ाई राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तर्ज पर डिजिटल पढ़ाई कराई जाएगी इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छरिया ब्लॉक के बावन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का लोकार्पण किया शिकारीमहका ग्राम पंचायत में आयोजित संकल स्तरीय स्मार्ट शाला के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहल काफी सराहनीय होगी इससे विद्यार्थियों को गणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी कषि मंत्री शभारंभ कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल दुर्ग जिले में बोरी तहसील भवन का शुभारंभ किया श्री चौबे ने उम्मीद जताई की कि इस तहसील भवन के बनर्ने से स्थानीय लोगो को अब राजस्व संबंधी कामकाज निपटाने में आसानी होगी इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नये धान खरीदी केन्द्र भी खोले हैं वहीं इस बार समर्थन मूल्य पर धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है श्री चौबे ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं से गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है हाथी हमला मौत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल स्थित टापू परिक्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में पहाड़ी कोरवा जनजाति के दो युवको की मौत हो गई है मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा वनमंडल के मैनपाट वन परिक्षेत्र में हाथियों का एक दल बीते दो महीने से उत्पात मचा रहा है इस दल में करीब छह हाथी शामिल हैं इन हाथियों ने बीती देर रात दो युवकों को कचलकर मार डाला साथ ही करीब छह मकानों को भी क्षतिग्रस्त किया है वन विमाग की टीम मौके पॅर पहंच चुकी है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है माओवादी वारदात नारायणपुर जिले में बीती देर रात माओवादियों ने नारायणपुर ओरछा मार्ग पर पेड़ काटकर गिरा दिए और यातायात को बाधित किया प्रलिस के अनुसार आज के दिन ओरछा का साप्ताहिक बाजार लगता है लेकिन टेकानार और हितपुला गांव के ैपास माओवादियों द्वारा सड़क यातायात को अवरूद्व करने से व्यवसायियों और लोगों को परेशानी हुई और वे बाजार नहीं जा सके इसके बाद धनोरा पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल कराया गांजा बरामद महासमुंद में गांजा तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है पुलिस ने तीस किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है प्रलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गनियारी गांव के पास एक वाहन की तलाशी ली गई

पुलिस की गिरफ्त में आने को बाद इन आरोपियों ने बताया कि एक अन्य वाहन में ओड़िशा से गांजा लाया जा रहा है आरोपियों के पास से करीब तीन लाख रूपए कीमत का गांजा और वाहन के साथ ही अन्य चीजे बरामद की गई हैं छेरछेरा पर्व नई फसल उत्पादन की खुशी में कल राज्य में लोकपर्व छेरछेरा मनाया जाएगा इसकी पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा कि यह त्यौहार सामाजिक समसरता और समुद्ध दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है गौरतलब है कि फसल उत्सव के रूप में पौष माह की पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी त्यौहार मनाया जाता है इस दिन खासतौर पर ग्रामीण इलाको में बच्चे युवा और महिलाए गांव में घर घर जाते हैं इस दौरान छेरछेरा कोठी के धान ल हेर हेरा बोलते हुए भेंट स्वरूप अनाज और राशि ली जाती है इसे रामकोठी में रखकर वर्ष भर गांव के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की परंपरा है मौसम मौसम विमाग ने आगामी दो दिनों के भीतर प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों दक्षिणी भाग से राज्य में नमी युक्त गर्म हवाए आ रही हैं वहीं उत्तर पश्चिम से ठंडी और शुष्क हवाए आ रही हैं इन दोनों हवाओं के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव आ सकता है हालांकि राज्य के न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा इस दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य के किसानों को खेती किसानी को संबंध में जरूरी सलाह दी है उन्होंने हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं की फसल की दूसरी सिंचाई बोआई के करीब चालीस से पचास दिनों के बाद करने को कहा है वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मक्के की बोआई के लिए तैयारी शुरू करने की सलाह दी है संक्षिप्त समाचार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के तहत गणतंत्र दिवस के मौके पर कल राजनांदगांव शहर के इंक्यावन वार्डो में राम भगवान की महाआरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ इस कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडेय अउ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह उपस्थित थे भिलाई के तीन व्यवसासियों के साथ पश्चिम बंगाल में होटल व्यवसाय शुरू करने के नाम पर एक करोड़ रूपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है जामुल पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक बर्खास्त सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी है राजनांदगांव शहर में बंद पड़े गोबर खरीदी केन्द्रों को शुरू करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमूद में यातायात जागरूकता के लिए अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने नव निर्भित ट्रैफिक लेन का भी लोकार्पण किया बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है इनके पास से चोरी की छह मोटर साइकिल और तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं दुर्ग जिले के भरदा गांव के पास अनियंत्रित होकर एक वाहन पलट गया इस वाहन के नीचे दब जाने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है